क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर प्योर और सिक्योर अर्थात सुनिश्चित शुद्ध और सुरक्षित हैं

इ परियोजना से प्रदेश के लोगों और उद्योगों को बिजली मिलने के साथ ही दिल्ली की मेट्रो रेल को भी इसका लाभ मिलेगा

इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश बड़ी भागीदारी निभायेगा

इस परियोजना को लगभग ढाई साल के रिकार्ड समय में पूरा किया गया परियोजना से सस्ती बिजली का उत्पादन हो रहा है इस सौर ऊर्जा प्लांट में कुल तीन इकाइयां शामिल हैं

कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल धर्मेन्द्र प्रधानफग्गन सिंह कुलस्ते और थावरचंद गेहलोत भी शामिल हुए

अधिकृत जानकारी के अनुसार राज्य में अब केवल पौने चार हजार ही सकिय मरीज हैं जिनका ईलाज किया जा रहे हैं

सिवनी जिले में आज दो और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए

जिला महामारी अधिकारी डॉयोगेश शर्मा ने आकाशवाणी के माध्यम से लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है

कलेक्टर अविनाश लवनिया द्वारा इस आदेश में केवल इब्राहिमगंज क्षेत्र में लॉकडाउन लागू है पूरे भोपाल में सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा शेष दिन पूर्व में जारी किये गए आदेशनुसार दुकाने खोली जा सकेंगी आदेश के मुताबिक इसमें किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बन्द रहेंगे बेरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बन्द रखा जाएगा

कोरोना काल मे शिक्षा को एक नये रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है यह बात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रो कपिलदेव मिश्र ने पीआईबी भोपाल द्वारा वर्तमान कोरोना काल और उसके बाद कैसी हो कॉलेज शिक्षा विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस समय वर्चअल क्लासेज के आयोजन पर जोर देना महत्वपूर्ण होगा हमें ध्यान रखना होगा हम वर्चुअल और पारंपरिक शिक्षा पद्धति के बीच एक बेहतर समन्वय करके आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें पीआईबी भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने पीआईबी के काम काज और गतिविधियों की जानकारी दी वेबिनार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण विभिन्न क्षेत्रों सहित शिक्षा के क्षेत्र में भी नई व्यवस्थाओं और नवाचार किए जाने की जरूरत दिखाई पड़ रही है

बरसात के मौसम में ग्राम पंचायतों के माध्यम से वृक्षारोपण और जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी

जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर में नल कनेक्शन दिया जायेगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने आज मुरैना में कहा कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी है

सिवनी जिले में एक खेत में ट्रेक्टर के पलटने से ट्रेक्टर चालक की मौत हो गई